प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज जोधप्र में देश के सशस्त्र बलों के अदम्य साहस को दर्शाने वाली पराक्रम पर्व प्रदर्शनी का उदघाटन किया केंद्र ने राज्यों को एक परामर्श जारी कर कहा है कि ये आम लोगों को इस बात से अवगत कराएं कि किसी भी तरह की भीड़ की हिंसा के गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं अटल विकास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने आज रावघाट से जगदलपुर तक एक सौ चालीस किलोमीटर लंबे रेलमार्ग का शिलान्यास किया संचार क्रांति योजना के तहत अब आईटीआई डिप्लोमा और पॉलीटेक्निक के छात्रों को भी फोर जी मोबाइल फोन दिए जाएंगे पराक्रम पर्व भारतीय सशस्त्र बलों के साहस शौर्य और बलिदान को दर्शाने के लिए आज से देशभर में पराक्रम पर्व मनाया जा रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज जोधपुर में देश के सशस्त्र बलों के अदम्य साहस को दर्शाने वाली पराक्रम पर्व प्रदर्शनी का उदघाटन किया इसमें सेना के पराक्रम और राष्ट्र निर्माण में सेना के योगदान को प्रदर्शित किया गया है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारतीय सेना के तीनों अंगों के कमांडरों का सम्मेलन राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया वहीं छत्तीसगढ में भी इस मौके पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं पत्र सुचना कार्यालय और रीजनल आउटरीच ब्यूरो की रायपुर शाखा द्वारा कल दुर्गा महाविद्यालय में करीब दो साल पहले भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी सीमा पर की गई सर्जिकल स्ट्राईक की वर्षगांठ पर पराक्रम पर्व का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर पर भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम पर संवाद स्थापित किया जाएगा कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथि और छात्र छात्राएं भारतीय सेना की उपलब्धियों देश के प्रति समर्पण और अदम्य साहस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे इसके अलावा इस कार्यक्रम में हस्ताक्षर अभियान का भी आयोजन किया गया है कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथि और छात्र छात्राएं हस्ताक्षर कर भारतीय सेना के प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करेंगे केंद्र भीड हत्या केंद्र ने राज्यों को एक परामर्श जारी कर कहा है कि ये आम लोगों को इस बात से अवगत कराएं कि किसी भी तरह की भीड़ की हिंसा के गंभीर कानूनी परिणाम भूगतने पड़ सकते हैं उग्र भीड़ की हिंसा की घटनाओं को रोकने के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ये कड़े कदम उठाये न्यायालय ने आदेश दिया था कि केंद्र और राज्य सरकारों को गृह मंत्रालय तथा पुलिस की वेबसाइटों समेत रेडियो टेलीविजन और जनसंचार के अन्य माध्यमों के जरिए इस बात का प्रचार प्रसार करना चाहिए कि मीड़ की हिंसा में शामिल होने के गंभीर दृष्परिणाम होंगे इससे पहले गृह मंत्रालय ने इसी सिलसिले में एक परामर्श जारी कर राज्यों से कहा था कि वे प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक स्तर का एक अधिकारी तैनात करें और भीड़ की हिंसा के बारे में खुफिया सूचनाए इकट्टा करने के लिए विशेष कार्य बल गठित करें और सोशल मीडिया पर फैलायी जा रही बातों पर कड़ी निगाह रखें अटल विकास यात्रा बस्तर में रावघाट से जगदलपुर तक एक सौ चालीस किलोमीटर लंबे रेलमार्ग का निर्माण किया जाएगा इस रेलमार्ग के पुरा हो जाने के बाद जगदलपुर से रायपुर की रेल दूरी छह सौ बाईस किलोमीटर से घटकर तीन सौ साठ किलोमीटर रह जाएगी प्रदेशव्यापी अटल विंकास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज जगदलपुर में इस रेलमार्ग का भूमिपुजन और डिजिटल शिलान्यास किया यह रेलमार्ग दल्लीराजहरा जगदलपुर तक दो सौ पैंतीस किलोमीटर लंबी रेल परियोजना का हिस्सा है इसकी लागत लगभग दो हजार पांच सौ अड़तीस करोड़ रूपये है इस मौके पर आयोजित आमसभा को सम्बोधित करते हए डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस रेलमार्ग से बस्तर में विकास के नये दरवाजे खलेंगे जगदलपुर रावघाट रेल परियोजना से चार जिले बस्तर कोण्डागांव नारायणपुर और कांकेर जुडेंगे उन्होंने कहा कि जगदलपुर और रावघाट के बीच पल्ली गांव कड़कानार बस्तर सोनारपाल भानपुरी दहीकोंगा बनियागांव कोंडागांव जुगानी चार्य परिवार नारायणपुर और भारंडा स्टेशन बनाए जाएगे इस परियोजना के प्रथम चरण में दल्लीराजहरा से रावघाट तक लगभग पंचानये किलोमीटर ेरलमार्ग का निर्माण प्रगति पर है और इस मार्ग पर दल्लीराजहरा से भानुप्रतापपुर तक रेल सेवा भी शुरू हो गई है मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ग्राम बेड़मा दहीकोंगा से जगदलपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को करीब अस्सी लाख रूपए की सामग्री और चेक का वितरण किया जगदलपुररावघाट एमओय इससे पहले कल रायपुर में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित बैठक में जगदलपुर से रावघाट तक एक सौ चालीस किलोमीटर लंबी रेललाइन परियोजना के लिए बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बीच अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए गए

अनुबंध के अनुसार पटरियों का मेंटेनेंस बस्तर रेलये प्राइवेट लिमिटेड द्वारा और माल गाड़ियों का परिचालन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा किया जाएगा

यह जानकारी देते हए राज्य इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एलेक्स पॉल मेनन ने बताया कि इसका लाभ लगभग पचास हजार विद्याथियों को मिलेगा इसके अलावा लगभग सत्ताईस हजार वकीलों राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्मार्ट फोन का प्रशिक्षण देने वाले तीस हजार लोगों और तृतीय लिंग के छह हजार व्यक्तियों को भी स्काई योजना के तहत फोन दिए जाएंगे गांधी जयंती कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवी जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में आगामी दो वर्षो तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इसकी शुरूआत आगामी दो अक्टबर को गांधी जयती से होगी इन दो वर्षो के दौरान गांधीवादी विचारधारा और आदर्शो पर केंद्रित समारोह का आयोजन किया जाएगा इन कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए एक राज्य स्तरीय समिति भी गठित की गई है कल रायपुर में हई इस समिति की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि राज्य सरकार छत्तीसगढ में गांधीयादी आदर्शो पर काम करने वाले व्यक्ति अथवा संस्था को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत करेगी यह पुरस्कार हर वर्ष किसी एक संस्था अथवा व्यक्ति को दिया जाएगा मिशन अमत राज्य शासन ने मिशन अमृत के तहत रायपुर शहर में जल प्रदाय योजना फेस ट को मंजुरी दे दी है इसके तहत अट्ठारह हजार किलो लीटर क्षमता की सात नई पानी की टंकी का निर्माण किया जाएगा इसके साथ ही रायगढ़ और नगर निगम जगदलपुर के लिए सियेज मास्टर प्लान को भी स्वीकृति मिल गई है मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक में मिशन अमृत के डायरेक्टर निरंजन दास ने बताया कि मिशन अमृत योजना के अंतर्गत विकास कार्यो के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ राज्य देश भर में पहले स्थान पर है राजेश मूणत निरीक्षण लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत ने आज राजधानी रायपुर में निर्माणाधीन रेलवे ओव्हर अंडरब्रिज सहित एक्सप्रेस वे स्थल का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिएँ उन्होने बताया कि इन सभी विकास कार्यो का लोकार्पण आगामी नौ अक्टूबर को किया जाएगा गौरतलब है कि राजधानी में छोटी रेललाइन की जगह पर एक्सप्रेस वे का निर्माण तीन सौ तेरह करोड़ रूपए की लागत से किया जा रहा है भारत बंद ऑनलाइन कारोबार और खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के खिलाफ भारत बंद का आज छत्तीसगढ़ में भी व्यापक असर देखने को मिला राजधानी रायपुर में अधिकांश कारोबार बंद रहे इनमें मल्टीप्लेक्स शॉपिंग मॉल सहित अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान शामिल हैं केयल रेडक्रॉस की दवा दुकाने जन औषधि केंद्र और पेट्रोल पम्प खुले रहे स्कूल कॉलेजों को भी इस बंद से दूर रखा गया था लोगों की सुविधा के लिए बसे चली बैंको में भी आम दिनों की तरह काम हुआ प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस बेंद का असर देखा गया प्रदेश में इस बंद का आव्हान दया कारोबारियों कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट और छत्तीसगढ़ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा किया गया था अमिताभ जैन एसीएस आईएएस अमिताभ जैन को पदोन्नत कर अपर मुख्य सचिव बनाया गया है अमिताभ जैन उन्नीस सौ नवासी बैच के आईएएस हैं अमिताभ जैन के पास पहले की तरह ही वित्त गृह जेल और परिवहन विभाग का प्रभार रहेगा संक्षिप्त समाचार दंतेवाड़ा जिले के क्आंकोंडा थाना क्षेत्र के बड़ेगुडरा कनकीपारा से सुरक्षा बलों ने आज एक जनमिलिशिया सदस्य को गिरफ्तार किया है इस पर जेसीबी मशीन को आग लगाने और मार्ग क्षतिग्रस्त करने सहित कई मामले दर्ज हैं दुर्ग जिले में भिलाई अहिवारा मार्ग पर नवतरिया गांव के पास आज दो मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई

उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने आज दुर्ग जिले के औद्योगिक क्षेत्र छावनी में सैंतीस करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया आज विश्व एन्टी रैबिज दिवस के मौके पर पशु चिकित्सा विभाग द्वारा जशपुर जिले के समी विकासखण्ड में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया शिविर में कुतों के साथ ही सभी प्रजाति के पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया गया शौचालय की राशि की मांग को लेकर महासमुंद जिले के बागबाहरा विकासखंड के पचेड़ा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्काजाम किया रायपुर के अंत्यावसायी व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में युवाओं को स्व रोजगार स्थापित करने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा